इस अवसर पर कल शिमला में सर्जिकल स्ट्राइक दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा सामान्य प्रशासन और सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव आरएन बत्ता ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे बचाव कार्य बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण आज कुल्लू मनाली सड़क के क्षतिग्रस्त होने के चलते यातायात आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है इस मार्ग पर केवल आपातकालीन वाहनों को ही जाने दिया जाएगा कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि आज शाम तक वैकल्पिक मार्ग लैफ्ट बैंक रोड़ के खुल जाने की संभावना है इससे कुल्लू मनाली के लिए वाहनों की आवाजाही सुचारू हो जाएगी केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार घाटी में सीमा सड़क संगठन के जवानों द्वारा अंदरूनी सड़कें खोलने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है सभी वाहनों के लिए केलंग से रोहतांग टनल नॉर्थ पोर्टल तक बीती रात सड़क खुल गई है बारालाचा टॉप सूरजताल पटसेऊ और जिंगजिंगबार से लोगों को निकालने का कार्य वायुसेना के हैलीकॉप्टरों द्वारा आज तीसरे दिन भी जारी है शास्त्रीय संगीत उत्सव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में राज्य भाषा और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित पांच दिवसीय शिमला शास्त्रीय संगीत उत्सव का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि संगीत और नृत्य प्राचीन काल से हमारे समाज का अभिन्न अंग रहा है ऐसे आयोजन न केवल लोगों का संपूर्ण मनोरंजन करते हैं बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोए रखने में भी मददगार साबित होते हैं

उन्होंने अधिकारियों को पुस्तकालय भवन का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए इस बीच शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज आज शिमला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में चिल्ड्रन सांइस कांग्रेस कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे

पंजाब केसरी का शीर्षक है बारालाचा में बर्फ में फंसी गर्भवती महिला की मौत होली व लाहौल से निकाले लोग दिव्य हिमाचल के शब्द हैं केलांग में बर्फबारी ने गर्भवती समेत दो निगले

पंजाब केसरी की एक खबर है मोदी ने जयराम से लिया बरसात से हुए नुकसान का जायजा हरसंभव मदद का दिया आश्वासन जबकि अमर उजाला के शब्द हैं मोदी ने जयराम से बातचीत कर जाने राज्य के हालात

रिपोर्ट मिलने के बाद एनजीटी फाइनल करेगा कितने मंजिला भवन बन सकते हैं शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है कुल्लू मनाली की कैरिंग केपेसिटी पता लगाएगी दस सदस्यीय कमेटी

बढ़े किराए पर दैनिक जागरण की सुर्खी है जनता पर भार एचआरटीसी होगा मालामाल